प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के ग्यारह बजे झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे इस दौरान कोरोना महामारी की रोकथाम और इलाज के साथ देशव्यापी लॉकडाउन के मुददे पर वे चर्चा करेंगे

इससे पहले भी कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री को अपने विचारों से अवगत करा दिया है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों के समूह की बैठक में कल अधिकार प्राप्त ग्यारह समुहों के गठन के प्रयासों की समीक्षा की गई

प्रधानमंत्री कार्यालय ने आश्वासन दिया कि सभी संबंधित पक्षों के फायदे के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं अधिकारियों को किसानों की सहायता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए अपनी उपज बेच सकें बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि केंद्र प्रवासी मजदूरो और बेघर लोगों जैसे वांछित समूहों के आवास की व्यवस्था के लिए राज्य और जिला स्तर पर निगरानी कर रहा है स्वास्थ्यकर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा किट पीपीई के निर्माण जैसी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया अधिकारियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आर्थिक राहत पैकेज के जरिए कल्याण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की देशभर में समय से जानकारी के प्रचार प्रसार के उपायों पर भी चर्चा हुई यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया कि क्षेत्रीय भाषाओं में दूर दराज तक सही जानकारी पहुंचाने और आरोग्य सेतु ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करें राज्य सरकार दूसरे प्रदेषों में फर्से झारखंड के मजदूरो को डीबीटी के माध्यम से सहायता राषि उपलब्ध कराएगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कोरोना संक्रमण की रोकथाम बचाव और इलाज को लेकर सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दरम्यान कहा कि प्रवासी मजदूरों को राहत पहंचाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने सांसदों और विधायकों को सरकार द्वारा चेलाए जा रहे राहत कार्यक्रमों की विस्तुत जानकारी देते हुए कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में यह सुनिष्चित करें कि लॉकडाउन में आम जनता को इन योजनाओं का लाभ मिल सके मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान कहा कि जिला प्रषासन स्थानीय सांसदों विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करे ताकि लोगों को लॉकडाउन की वजह से परेषानियों का सामना न करना पड़े मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सब्जियों के परिवहन के लिए वाहनों को किसी प्रकार की पास की आवष्यकता नहीं है उन्होंने सांसदों विधायकों को बताया कि मेडिकल संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है इस बाबत जांच केंद्र और वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है उन्होंने यह सुनिष्चित करने को कहा कि सरकार और निजी अस्पतालों में कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियो के इलाज में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए मुख्यमंत्री ने बिना राषन कार्ड वालों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने और बाहर से आए लोगों की संघन जांच और स्क्रीनिंग कराने की भी जानकारी दी उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का कडाई से पालन को लेकर सरकार ने स्पष्ट निर्देष दे दिए हैं इस मौके पर सांसदों और विधायकों ने भी अपने विचार रखें मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने जो सुझाव दिया है उसे अमल में लाया जाएगा आज झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में एक हजारीबाग जिले में एक और कोडरमा में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी के हवाले से पुष्टि हो चुकी है इस तरह झारखंड में अब तक कोरोना पॉजिटिव के सत्रह मामले सामने आ चुके हैं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

स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में कहा कि हर नागरिक को जागरुक और सतर्क रहने की जरूरत है उन्होंने बताया कि कल सोलह हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई

राजधानी रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए दो सैंपल कलेक्षन कियोस्क लगाए गए हैं इससे अब जांच करने वाले पारा मेडिकल कर्मियों को बार बार पीपीई किट को नहीं बदलना पड़ेगा साथ ही संक्रमण से बचाव को रोकने में सहलियत होगी उधर रिम्स के कोरोना आईसोलेषन सेंटर में सेवा दे रहे पांच जुनियन डॉक्टर और चार नर्सों को क्वारेंटाइन में भेजा गया है

बोकारो जिले के तेलों और साड़म को हॉटस्पॉट घोषित किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है इन क्षेत्रों तक आने जाने वाले मार्गों को सील कर दिया गया है जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक यहां कैंप कर रहे हैं लगातार अनाउंसमेंट कर किसी भी सूरत में घर के बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी जा रही है प्रशासन द्वारा आश्वस्त किया जा रहा है कि उनकी जरूरत की चीजें उन्हें घर पर ही मुहैया कराई जाएगी निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी उपायुक्त मुकेश कमार ने आवश्यक कार्यों में तैनात कर्मियों को भी चेतावनी दी है कि कर्तव्य के निर्वहन में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में दो नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दृष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दस आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है उधर गुमला जिले में भी दो युवतियों को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया इस मामले में पीड़िताओं द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद आरोपियों की गिरफ्तार करने के पुलिस छापेमारी कर रही है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज राज्य के विष्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगी इस दौरान लॉकडाउन की वजह से शैक्षणिक कैलेंडर विद्यार्थियों की पढाई और परीक्षाओं को स्थगित किए जाने से पैदा हई रिथतियों की समीक्षा करेंगी इस मौके पर विष्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाए जाने के मामले पर भी चर्चा होगी इस मौके पर उच्च षिक्षा सचिव भी मौजूद रहेंगे राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का शैक्षणिक सत्र दस महीने का करने पर सरकार विचार कर रही है शैक्षणिक सत्र जुन माह से चाल होगा स्कूली षिक्षा एवं साक्षरता विभाग और कल्याण विभाग ने शैक्षणिक सत्र को री षिडयुल करने की तैयारी शुरू कर दी है इस सिलसिले में अगले सप्ताह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के साथ सभी राज्यों के षिक्षा मंत्रियों की बैठक में विस्तार से विचार विमर्ष होगा गौरतलब है कि विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र अप्रैल माह से शुरू होता है लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है

इधर लॉकडाउन उल्लंघन करने के आरोप में लगभग एक सौ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है वहीं इस मामले में कारणों का पता नहीं चल पाया है